वे आज शिमला में उनसे भिलने आए जुब्बल कोटखाई क्षेत्र की पंचायती राज संस्थाओं और शहरी स्थानीय निकायों के नवनिर्वाचित प्रतिनिधियों को संबोधित कर रहे थे

मुख्यमंत्री ने कहा कि कोरोना महामारी के दौरान प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के समय पर लिए गए निर्णयों से अन्य देशों को मुकाबले भारत में इस महामारी से कम नुकसान हुआ है अन्राग ठाकुर केन्द्रीय वित्त व कॉरपोरेट मामले राज्य मंत्री अनुराग ठाकुर ने कहा है कि केन्द्र सरकार द्वारा दिए गए आत्मनिर्भर भारत पैकेज से कृषि संबद्ध क्षेत्र को नई गति मिलने के अलावा अन्नदाता को आर्थिक लाभ हुआ है आज लोकसभा में वार्षिक आर्थिक समीक्षा में उन्होंने कहा कि कोन्द्र की मोदी सरकार किसान हितैर्षो है और अनेक अवसरों पर प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने ये सिद्ध किया है

इस दिन को शहीद दिवस के रूप में भी मनाया जाता है प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने एक ट्वीट संदेश में कहा है कि बापू के आदर्श आज भी करोडों लोगों को प्रेरणा देते हैं उन्होंने कहा कि उनके बलिदान दिवस पर हम उन महान महिलाओं और प्रुषों को बलिदान को याद करते हैं जिन्होंने अपना जीवन भारत की स्वतंत्रता और प्रत्येक भारतीय के कल्याण के लिए समर्पित किया है इधर मुख्यमंत्री जयराम ठाकर ने शिमला के ऐतिहासिक रिज मैदान पर राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की प्रतिमा पर प्रष्पांजलि अर्पित की इस अवसर पर नगर निगम के महापौर सत्या कौंडल सहित अन्य गणमान्य लोगों ने भी राष्ट्रपिता को श्रद्वांजलि अर्पित की प्रदेश कांगेस कमेटी ने राष्ट्रपिता को पुण्यतिथि पर याद करते हुए अपने श्रद्वासुमन अर्पित किए प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष कलदीप राठौर ने कहा कि देश की आजादी की लड़ाई में बापू का बहुत बड़ा योगदान रहा है इस अवसर पर कांग्रेस मुख्यालय राजीव भवन में पार्टी नेताओं ने महात्मा गांधी के छायाचित्र पर पुष्प अर्पित कर उन्हें श्रद्धांजलि दी प्रदेश के विभिन्न भागों में भी राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की पुण्यतिथि पर कई कार्यक्रम आयोजित किए गए राजेन्द्र गर्ग खाद्य आपूर्ति व उपभोक्ता मामले मंत्री राजेन्द्र गर्ग ने कहा है कि लोगों की समस्याओं का समाधान करना सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकता है वे आज घुमारवी में जनसमस्याए सुनने के मौके पर बोल रहे थे

पुलिस महानिदेशक संजय कृंडू ने आज शिमला में बताया कि पुलिस द्वारा गठित एसआईटी की जांच में ये खुलासा हुआ है उन्होंने बताया कि इस मामले को लेकर जांच अभी जारी है और कई बड़े खुलासे भी हो सकते हैं